इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तरल उर्वरक एक नई अवधारणा है जिससे कृषक समुदाय को काफी लाम मिलेगा उन्होंने कहा कि ये उर्वरक देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अँनुसार र्तैयार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजेट में विशेष प्रावधान किया है और प्रदेश के अधिकतर किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं जयन्ति इंदिरा गांधी राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्वास्मन अर्पित किए मुख्यमंत्री ने बाद में रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निर्मित होने वाली प्रतिमा स्थल का निरीक्षण भी किया

इस बीच प्रदेश कांगेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्वासुमन अर्पित किए इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश को एकजुट और मजबूत करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की भौरा पंचायत में बनने वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का शिलान्यास और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है परमार ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को सभी तरह की जीवन रक्षक दवाईयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने उपमोक्ताओं को दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता बनाए रखने और इसकी समय समय पर जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं धर्मशाला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कांगडा जिले में खाद्य सामग्री की उपलब्यता की जानकारी ली और उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए राजेन्द्र गर्ग ने खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर नजर रखने को भी कहा

यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढता से अमल किया है एक द्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है सोलन जिले में महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण प्रत्येक घर और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनने से वे सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाओं के अनुसार शौचालय बनने से स्वच्छता भी बरकरार रहती है रोहित ठाकूर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक रोहित ठाकूर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला जिले के उपरी इलाको सहित जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में कोरोना के मामलों में ईजाफा हो रहा है और कई लोग इस संक्रमण से मौत का शिकॉर हो रहे हैं रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में सामुदायिक संक्रमण की आशंका के चलते सरकार से इसे रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की मांग भी की है उन्होंने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है मार्ग बंद चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला चम्बा किलाड़ वाया साच पास मार्ग बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है उपायुक्त डीसी राणा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय े लिया गया है